प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग और व्यवसाय जगत का आहवान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं

श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियों निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचौम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गूएन युआन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे

वहीं दो बैंचों में भी दूरी रखी जायेगी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रांरूप भी जारी कर दिया है गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली जायेगी जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जायेगा स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं होंगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कल से दो दिवसीय साहिबगंज आगमन की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है उपायुक्त रामनिवास यादव ने पतना प्रखंड पहुंच कर तैयारी का जायजा लिया इस अवसर पर एसपी अनुरंजन किसपोट्टा और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी मौजूद थे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तलबरिया पतना फुटबॉल मैदान में हैलीपैड बनेगा पतना मे मुख्यमंत्री अपने आवास में रात्रि विश्राम करेंगे निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने धर्मपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास का भी जायजा लिया और समुचित सुरक्षा व्यव्स्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ी है

मंत्रालय ने कहा कि लगातार टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण संक्रमण को फैलने से रोका गया और मृत्युदर में कमी आई इस समय देश में कोविड संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहत कम है

बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर दो प्रतिशत तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अक्तूबर नवम्बर के महीने में त्यौहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण करने संक्रमण का पता लगाने और उपचार की नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई

राज्य में कोरोना संकमण एक बार फिर बढ़ने लगा है

वहीं अब तक एक लाख दस हजार एक सौ पच्चीस स्वस्थ हो चुके हैं

जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र में आठ जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केन्द्र बनाये गए हैं इन केन्द्रों में निःशुल्क जांच की जायेगी चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है जमशेदपुर शहर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के द्वारा कोरोना को लेकर आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव पहली बार पिता लालू प्रसाद से मिलने कल रिम्स पहुंचे उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख सत्यानंद भोक्ता विधायक सुरेंद्र राम और राजद नेता संजय यादव भी थे चूंकि लालू प्रसाद से तीन लोगों को मिलने की ही अनुमति थी इसलिए पुलिस ने बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता को पेईग वार्ड से बाहर ही रोक दिया इस संबंध में बरियातू थाना प्रभारी सपन महथा ने कहा कि जेल प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद से मिलने के लिए तेजस्वी यादव समेत तीन लोगों को ही अनुमति थी इसलिए दोनों मंत्री को रोका गया लालू से मिलने के बाद तेजस्वी ने कहा कि पिता की बीमारी को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं

ऐसे में हमेशा डर रहता है कि कहीं उन्हें डायलिसिस पर न जाना पड़े उन्होंने बताया कि उनके इलाज के लिए देश के कई बड़े डॉक्टरों के संपर्क में है

इस दिन मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इसे लेकर उपायुक्त छविरंजन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं को जारी करने परिसंपत्तियों का वितरण और कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यकम से संबंधित व्यवस्था पर चर्चा की गई

इसमें कुल दो सौ सत्रह मामले के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से एक सौ संतावन मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया इस अवसर पर अधिकतर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी विवाद आपसी बंटवारा विवाद और दोहरी जमाबंदी से जुड़े थे

राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने के कारण तापमान में गिरावट आ रही है जिससे कनकनी बढ़ गई है

पहाड़ों और पेड़ पौधों से घिरे होने के कारण इस इलाके में सुबह पौधों पर बर्फ जमने की खबर आयी है राजधानी रांची का तापमान सात डिग्री से नीचे आ गया है वहीं डाल्टनगंज में भी तापमान छह डिग्री दर्ज किया गया है मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू गिरिडीह और रामगढ़ में भी पारा पांच से छह डिग्री के बीच रहेगा

राज्य में ठंड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को राशि आबंटित कर दी है

इस राशि से जिला प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं

फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आम जनता के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर साइकिल चलाते हुए तस्वीारें और वीडियों साझा कर रहे हैं